उन्होंने कहा कि यह नीति केवल हमारे युवाओं के भविष्य को ही मजबूत नरहीं करेगी बल्कि देश को आत्म निर्मर बनाने के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगी श्री कोविंद ने नई शिक्षा नीति लागू करने बारे आगंतुक सम्मेलन का उदघाटन करते हुए कहा कि यह नीति सभी को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर एक गतिशील ज्ञानवान समाज का सुजन करेगी

यह विधेयक इस वर्ष अप्रैल में लागू किए गए महामारी रोग संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा इस विधेयक में महामारी को रोकने के लिए सेवाओं में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों को नुकसान पहंचाने घायल करने या उनके जीवन के लिए खतरा पैदा करने को सजा योग्य और गैर जमानती अपराध बनाया गया है

इस विधेयक पर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों ने चर्चा की हरियाणा के बिजली जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कारगर योजनाएं लागु की गई है सौर ऊर्जा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ छोटी ढाणियों में भी बेहद फायदेमंद साबित हो रही है सौरें ऊर्जा के उपयोग से जहां बिजली के बिलों में बचत हो रही है वहीं पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी से आज प्रदेशवासियों का सौर ऊर्जा के उपयोग की तरफ रुझान बढ़ रहा है बिजली मंत्री ने सिरसा में कहा कि खेतों में सौर पंपों के माध्यम से सिंचाई भी बेहद कामयाब साबित हो रही है इससे किसानों को डीजल का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा अच्छी सब्सिडी पर सरकार द्वारा किसानों को सौर पंप दिए जा रहे हैं

इससे से मंडियाँ व न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी उन्होंने जगाधरी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वार्थ की पूर्ति हेतु कांग्रेस पार्टी के नेता व तथाकथित किसान संघों के नेता किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं श्री गूर्जर ने कहा ँकि मौजूदा सरकार ने किसानों के हितों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं

गांव जाट् लोहारी के किसान पुरूषोत्तम और खिवाड़ीखेड़ा के किसान विरेन्द्र ने बताया कि इन विघेयकों के ॅआने के बाद उन्हें मण्डी में लगने वाले कर देने की जरूरत नहीं होगीं इसके साथ ही वे अपनी जमीन का बडी कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट करके अधिक लाभ उठा पाएगे रोहतक के किसानों ने भी तीनों कृषि विधेयकों का समर्थन किया है विधेयकों के समर्थन में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली इसके बाद ये लघ् सचिवालय पहचें और उपायुक्त के माध्यम से केन्द्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सोंपा इससे पहले किसानों ने दिल्ली बाईपास चौंप पर एकत्रित होकर विधेयकों के समार्थन में नारेबाजी की हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनप धानक ने आज हिसार जिले में कुंभा सरकडा सडक मार्ग का शिलान्यास किया

इसके अलावा राज्यमंत्री ने गांव कभाखेडा में ही रंगा पाना चौपाल का उदघाटन भी किया इस अवसर पर श्री धानक ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में बुनियादी ढांचे को औंश्र अधिक मजबूत करने और आमजन को विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए निरतर कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार गांवों की मूलभूत सुविधाए और सामूहिक विकास कार्यो के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवा रही है श्री धानक ने कहा है कि गांवों के विकास कार्यो के लिए कहीं पर भी धन की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी

इन विकास कार्यों में ओल्ड फरीदाबाद के चिकित्सा केन्द्र का दर्जा बढाकर इसे मल्टी स्पैशियल्टी अस्पताल बनाना और लड़कों के प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक विद्यालय के रूप में विकसित करना शामिल हैं